इस अवसर पर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

देवास जिले में भी महाशिवरात्रि पर शिव बारात और होशंगाबाद जिले में शाही सवारी निकाली जा रही है नीमचधारऔर बड़वानी जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है गुना जिले में शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है रायसेन जिले के भोजपुर में आज से दो दिवसीय भोजपुर उत्सव प्रारंभ हआ

मंडला सीहोरशिवपुरी आगरमालवा छिन्दवाड़ा दमोह बैतूल अनूपपुर शहडोल सागर सतना भिंड मुरैना डिण्डोरी टीकमगढ़ रतलाम सीधी छतरपुर जबलपुर अशोकनगर और पन्ना में भी महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है जगह जगह भण्डारों के आयोजन भी किये जा रहे है महाकाल ट्रेन देश की तीसरी और प्रदेश की पहली निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस आज इंदौर से रवाना हुई सांसद शंकर ललवानी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वाराणसी के लिये रवाना किया

यह ट्रेन उज्जैन बैरागढ़ बीना झांसी कानपुर सुल्तानपुर होते हुए कल सुबह छह बजे वाराणसी पहुंचेगी कमलनाथ रिसोर्ट मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा जिले के तामिया में एक रिसोर्ट का उदघाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनो का उपयोग करते हुए उसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है श्री कमलनाथ ने कहा कि हमारा प्रदेश वैसे तो कई क्षेत्रों में आगे है लेकिन हम बदलते हुए परिवेश के मुताबिक प्रदेश को बदलाव और विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं आज हम आपको दे रहे हैं मणिपुर के बारे में विशेष जानकारी